कहा सरकार हुनरमंदों के प्रशिक्षण के लिए कर रही है कार्य प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में पिछले दिनों हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक पी एफ आई से सम्बंधित एक सौ आठ लोगों को गिरफ्तार किया केन्द्रीय मंत्री समूह ने देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा प्रदेश सरकार कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार

उन्होंने कहा कि सरकार हुनरमंदों के प्रशिक्षण की दिशा में कार्य कर रही है जिससे वे अपने उत्पादों का बेहतर लाभ प्राप्त कर सकें मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की उद्योग संवर्धन नीति के चलते प्रदेश में मध्यम और लघ् उद्योगों ने निर्यात में इस वर्ष अट्ठाईस प्रतिशत की वृद्धि की है श्री योगी दिल्ली हाट में एक जनपद एक उत्पाद प्रदर्शनी का श्मारम्भ कर रहे थे श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार ने एक लाख से अधिक राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया है जिनके द्वारा प्रदेश में डेढ़ करोड़ से अधिक शौंचालयों का निर्माण किया गया और इस क्षेत्र में राज्य को पहला पुरस्कार मिला मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार एक जनपद एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये ग्लोबल मार्केटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध करा रही है उन्होंने कहा कि इस कड़ी में ऑन लाइन मार्केटिंग कम्पनियों के साथ एम ओ यू पर हस्ताक्षर किये जा रहे हैं इस प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश के एक सौ अट्ठारह स्टॉल लगाये गये हैं उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी से कारीगरों और शिल्पियों के लिये बड़े बाजार उपलब्ध होंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल लखनऊ में ग्यारहवीं रक्षा प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे पांच दिवसीय इस प्रदर्शनी में देश विदेश की तकरीबन एक हजार कम्पनियां भाग लेंगी रक्षा प्रदर्शनी में देश के अंतरिक्ष रक्षा और अन्य सुरक्षा सम्बंधी उपलक्षियों का प्रदर्शन किया जायेगा रक्षा प्रदर्शनी दो हजार बीस का विषय है भारत एक उमरता हुआ रक्षा विनिर्माण केन्द्र प्रदर्शनी का उदेश्य रक्षा क्षेत्र की प्रमुख तकनीकों को एक मंच पर लाकर सरकार निजी उत्पादकों और स्टार्ट अप के लिर्ये अवसर मुहैया कराना है और विवरण हमारे लखनऊ संवाददाता से डेफएक्सपो में मौजूदा उत्पादों और तकनीकों के प्रदर्शन और सेना के तीनों अंगों की तरफ से अपने युद्ध कौशल का लाइव प्रदर्शन किया जाने के साथ ही रखा वेत्र की सार्वजनिक कंपनियों और रखा रचोगों द्वारा आंतरिक सुरक्षा के साथ ही जल थल और नम की सुरक्षा से जुड़े जत्याद भी पेश किये जायेंगे भविष्य में होने वाले युद्धों के तौर तरीकों के हिसाब से रखा क्षेत्र में हो रहे डिजिटल बदलाव प्रदर्शनी का एक विष्य होंगे इसके साथ ही एयऐसेस और खा क्षेत्र में उत्पादन के दौरान नयी तकनीक का इस्तेमाल किये जाने पर भी विशेष जार रहेगा इंडिया पैपेलियन में खास तौर पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को दिखाया जायेगा जिसमें सूक्ष्म लघु और मक्यम उद्योगों के साथ ही नवाचार को प्रोत्याहित करने से जुड़े उद्यम सामित हैं जो कि मविष्य में इस क्षेत्र में अहम भूमिका निमायेंगे

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कल लखनऊ में बताया

इस संगठन के बार्रे में और भी जानकारी इख्हा की जा रही हैं इनके फाइनेंशिएयत ट्रांजेस्शन्स की भी जानकारी ली जा रही है और इसमें केंद्रीय एजेंसीज का भी सहयोग लिया जा रहा है पिछले वर्ष दिसम्बर में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में इस संगठन की संदिग्ध भागीदारी को देखते हुए प्रदेश पुलिस ने इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि राष्ट्रीय कैंडेट कोर एनसीसी युवाओं में भाईचारा अनुशासन नेतृत्व और देशप्रेम जैसे भावों को विकसित करने का कार्य करता है श्रीमती पटेल ने नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर आयोजित परेड में शामिल होकर लौटे एनसीसी कैंडेट्स को कल लखनऊ में सम्मानित किया इस अवसर पर अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि एनसीसी प्रशिक्षण के साथ साथ य्वाओं को समाजसेवा के अभियानों में भी महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रशिक्षित करता है उन्होंने कहा कि युवाओं को अनुशासित होकर आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करना चाहिए इस अवसर पर प्रदेश एनसीसी के महानिदेशक मेजर जनरल राकेश राणा भी उपस्थित थे केन्द्रीय मंत्रियों के समूह ने कल देश में नोवेल कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों और इसके लिए स्वास्थ्य जहाज रानी विदेश नागरिक विमानन और गृह मंत्रालयों की तैयारियों की समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की मंत्रियों के समूह का गठन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर किया गया है कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक प्रजेंटेशन भी मंत्री समूह की बैठक में पेश किया गया मंत्रियों को केरल में इस बीमारी के तीन रोगियों में संक्रमण की पुष्टि होने की जानकारी दी गई जिनमें से एक की पुष्टि कल ही हुई है भारत में इस वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में भी जानकारी दी गई मंत्री समूह को यह भी बताया गया कि देश के इक्कीस हवाई अड्डों और सीमा चौकियों खास तौर पर नेपाल की सीमा पर स्थित चौकियों पर यात्रियों में इस बीमारी के लक्षणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है सिंगापुर और थाइलैंड के अलावा हांगकांग और चीन से आने वाली सभी उड़ानों से आने जाने वाले यात्रियों की दुनिया भर में जांच हो रही है

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार पी के सिन्हा मंत्रिमंडल सचिव राजीव गाबा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और अन्य संबंधित मंत्रालयों के सचिवों ने भी बैठक में हिस्सा लिया

उन्होंने कहा चीन के एक प्रोविन्स में कोरोना वायरस को ले के जो एक बहुत बढ़ा सतर्कता पैरा हुआ है पूरे विश्व में हम उत्तर प्रदेश में भी और केन्द्र सरकार के साथ मिल के सभी एयरपोर्ट्स पूरी सतर्कता के साथ अपने डॉक्टर्स की टीम को ले के और कृष्ठ हास्पिटल्स में आईसोलेशन वार्ड भी बना दिया गया है और इसी तरह से उत्तर प्रदेश से लगा हुया नेपाल के पूरे सीमा पर जो भी इन्ट्री पाइन्ट्स हैं वहां भी हमारे डॉक्टर्स लग के हर एक पर्यटक को स्क्रीन करके उनका एक प्रारम्भिक जांच करके ताकि उनका किसी वायस से या किसी तरह के बीमारी से पुड़े तो नहीं है को रेखते हुए हम उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से सतर्क है डिफेन्स एक्सपो में भी जो लोग बाहर से आएगे उनकी भी जांच होगी तो आज के दिन कोई भी इस तरह से डाने की बात नहीं है उत्तर प्रदेश पूरी तरह से सतर्क है और आपका जो स्वास्थ्य किमाग है वो इसमें पूरी तरह सजग भी है

आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि लोगों विशेष रूप से चीन से आए लोगों को ये उपाए करने चाहिए

चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार थोड़ी सी सावधानी बरतने से इस संक्रमण से बचा जा सकता है

अपने आप को स्वच्छ रखना हाथों को साफ करना हाथों को साबुन और पानी से धोना अपने सराजंडिग का ध्यान करना उनको भी हाइपेनिक रखना और सब्जी और उनको भी आप पहले अच्छे से पानी से धो तें यदि आप सलाद भी खा रहे हैं तो अच्छे से धोकर उसको खाएं